मुख्यमंत्री ने आज मण्डी जिला के संदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के उदघाटन व शिलान्यास के बाद एक वर्चअल रैली को सम्बोधित करते हए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह खर्च न हए धन को विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करें ताकि इस राशि का उचित प्रयोग सुनिश्चित हो सके उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार कोरोना से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है जयराम ठाकर ने कहा कि हिमाचल एक समय कोरोना मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर था लेकिन बाहरी राज्यों से अपने घर लौटे लोगों के कारण कोरोना के मामलों में तेजी से वदि हुई है इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए के विकास कार्यों के उदघाटन व शिलान्यास किए जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और सुंदर नगर के विधायक राकेश जमवाल भी इस दौरान मौजूद रहे गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकूर ने वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग का आहवान किया है गोविंद ठाकर ने आज मनाली के समीप लौघाट परिसर में पौधरोपण के मौके पर कहा कि वन विमाग इस साल सवा करोड पौधों का रोपण करेगा और इसमें प्रदेश के सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है गोविंद ठाकर ने आम जनता से अपने प्रियजनों के जन्म दिवस पर यादगार स्वरूप पौध रोपण की अपील भी की उन्होंने वनों को आग से बचाने की भी लोगों से अपील की और कहा कि जानबूझ कर आग लगाने वालों की तूरंत पुलिस या वन विभाग को सचना दें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र के दबाव में बाहरी लोगों को राज्य की सीमाएं खोल कर गलत निर्णय लिया है और ये फैसला आने वाले दिनों में प्रदेश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के समुख मजबूती से अपना पक्ष न रखने का भी आरोप लगाया

ये वृक्षारोपण ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा उन्होंने सरकार से बागवानों को आ रही लेबर की समस्या को दूर करने की भी मांग की और कहा कि सरकार की बेरूखी से प्रदेश की पांच हजार करोड़ रूपए की आर्थिकी चौपट हो सकती है शोक आईजीएमसी शिमला के रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव शर्मा साई का बीती देर रात हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने डॉक्टर संजीव शर्मा सांई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है दोनों नेताओं ने अपने शोक संदेश में कहा है कि डॉक्टर संजीव शर्मा एक योग्य चिकित्सक होने के साथ साथ एक उदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एक समर्पित चिकित्स खो दिया है पर्यटन राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और राहत प्रदान करने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में कार्यशील पूंजी ऋणों का व्याज अनुदान योजना आरंभ की है

इस योजना के तहत ऋण का भुगतान चार वर्षो में करना होगा इसमें ब्याज अनुदान के प्रथम दो वर्ष और ऋण स्थगन का एक वर्ष भी शामिल है पर्यटन निदेशक ने कहा कि इच्छक इकॉईयां आपरेटर कार्यशील पूंजी ऋण लेने के लिए जिला पर्यटन अधिकारी और संबंधित उपनिदेशक या डीटीडीओ को आवेदन कर सकते हैं रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी मामलों को मीडिया में ले जाने वाले नेताओं को चेतावनी दी है पाटिल ने आज शिमला में एक ब्यान मे ंकहा कि ऐसा करने वाले नेताओं पर पार्टी की कड़ी नज़र है और अनुशासनहीनता किसी भी रूप में सहन नहीं की जाएगी उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा रजनी पाटिल ने कहा ॉक प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है और कोरोना काल में उसके द्वारा लिए गए कुछ फैसलों से लोगों में भारी नाराजगी है विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका फलोरा और एविफानल डाईवरसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का विमोचन किया